विधि और न्याय मंत्रालय ने कल शाम जारी एक सरकारी अधिसुचना में यह जानकारी दी इससे पहले कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक को दण्डनीय अपराध बनाने के अध्यादेश को मंजूरी दी थी इसमें तीन तलाक के जरिए वैवाहिक संबंध विच्छेद करने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा का प्रावधान है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अध्यादेश के तहत पीड़ित महिला या उसके सगे संबंधियों द्वारा पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पर ही तीन तलाक को अपराय माना जाएगा उन्होंने कहा कि पति पली के बीच समझौता होने की स्थिति में यह मामला वापस लिया जा सकेगा श्री प्रसाद ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट पीड़िता की बात सुनने के बाद उचित आधार पर आरोपी को जमानत दे सकेगा बच्चों को पत्नी के सुपूर्द किया जाएगा और उसे अपने तथा बच्चों के भरण पोषण का खर्च पाने का हक होगा जिसका निर्वारण मजिस्ट्रेट करेगा प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में देश भर से आई नब्बे आशा कार्यकर्ताओं के समूह से मुलाकात की श्री मोदी ने सरकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करके ग्रामीणों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया उन्होंने उनकी दक्षता और समर्पण की सराहना की और उन्हें याद दिलाया कि कालाजार जैसी बीमारियों के उन्मूलन में उनके द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स भी कर चुके है आशा कार्यकर्ताओं ने हाल ही में अपने पारिश्रमिक भत्ता बढ़ाने और बीमा योजना का लाभ दिये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा भी उपस्थित थे केन्द्र सरकार ने विभिन्न लघ् बचत योजनाओं पर व्याजदर बढ़ा दी है बढ़ी दरें अगले महीने से लागू होंगी एक से तीन वर्ष की लघ् बचत जमा पर तीस आधार अंक तक की वृद्धि की गई है पांच वर्ष की लघ् बचत जमा पर ब्याज दर में चालिस आधार अंक तक की वृद्धि की गई है पांच वर्ष की आवर्ती जमा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना पर भी चालिस आधार अंक तक वृद्धि की गई है पांच वर्ष के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड योजना पर ब्याज की दर मौजूदा सात दशमलव छह प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दी गई है किसान विकास पत्र पर अब सालाना सात दशमलव सात प्रतिशत और सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर साढ़े आठ प्रतिशत ब्याज मिलेगा प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में अन्य विभागों द्वारा किये जा रहे सम्मिलित निरोधात्मक एवं उपचारात्मक प्रयासों के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संक्रामक रोगों की स्थिति पूर्णता नियंत्रण में हैं श्री सिंह ने कल पत्रकारों को बताया कि बरेली जिले में बुखार के कारण चौबीस और बदायू में तेईस लोगों की मौत हो गई है जबकि दोनों जिलों में एक सौ छत्तीस मौतें अन्य कारणों से हुई हैं इसी तरह हरदोई में बारह बहराइच में छह सीतापुर में आठ पीलीमीत में चार शाहजहांपुर में दो लोगों की मौत बुखार से हई है श्री सिंह ने बताया कि बरेली जिले में संक्रामक रोग के नियंत्रण के लिए इक्यानवे टीमें संक्रिय है उनके द्वारा अब तक क्ल तिरसठ हजार से अधिक बुखार के रोगियों की जांच एवं उपचार किया गया इन जांचों में क्ल आठ हजार नौ सौ चौरासी रोगी मलेरिया धनात्मक पाये गये स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि टीमों के द्वारा रोगियों को समुचित उपचार प्रदान करने के साथ उनके घरों के आसपास समन्वित वैक्टर जनित रोग नियंत्रण का काम किया गया प्रदेश के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वच्छता को जीवन का अनिवार्य अंग बनाया जाये जब तक हम इसे जनआन्दोलन का रूप नहीं देंगे तब तक प्रधानमंत्री के सपनों को साकार नहीं किया जा सकेगा श्री खन्ना ने मेरठ में सौ दिन के नाला सफाई अभियान की सराहना की नगर विकास मंत्री कल लखनऊ के नगरीय निकाय निदेशालय में स्वच्छ सर्वेक्षण दो हजार उन्नीस की रूप रेखा साझा करने के लिए प्रथम कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पन्द्रह नवम्बर से पन्द्रह दिसम्बर तक स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा इसके लिए रैलियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जागरूक किया जायेगा और संगठनों को आमंत्रित किया जायेगा प्रदेश सरकार खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सोलर चर्खे वितरित करेगी पहले चरण में चार सौ कत्तिनों को सोलर चर्खे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है इसके साथ ही सोलर चर्ख से बनने वाली खादी पर पच्चीस प्रतिशत छूट देने का विचार किया जा रहा है इस संबंध में जल्द फैसला किया जायेगा यह जानकारी प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने कल विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान दी श्री पचौरी ने कहा कि जिन कत्तिनों में सोलर चर्खो का वितरण किया जाना है उनकी सूची तत्काल मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये